केन्द्रीय गृहमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले छह साल में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक के विमोचन समारोह में उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है श्री शाह ने कहा कि एनडीए सरकार ने कृषि स्वास्थ्य देखभाल और उद्योग समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए हैं उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने काम करके दिखाने की अपनी नीति के तहत तुष्टीकरण जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को समाप्त किया है गृहमंत्री ने कहा कि चाहे अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हो शरणार्थियों की नागरिकता का मामला हो अयोध्या भूमि विवाद हो या तीन तलाक का मुद्दा हो सरकार ने सभी पर ठोस कदम उठाए हैं निगरानी जांच ब्यूरो ने राज्य के निबंधन और मद्य निषेध विभाग के तत्कालीन सहायक महानिरीक्षक अजय कृष्ण मिश्रा तथा उनकी पत्नी के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है उस पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है आरोपित सहायक महानिरीक्षक ने अपनी आय के सभी ज्ञात स्रोतों से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अपनी पत्नी के साथ मिलकर अर्जित की थी वहीं ब्यूरो ने करोड़ों रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले के एक अन्य मामले में औरंगाबाद जिले के तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी शांतिभूषण आर्या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विमल मारिया लकड़ा और मामले के मुख्य आरोपी प्रधानाध्यापक चंदन कुमार की पत्नी सरिता कुमारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम तथा भारतीय दंड विधान की अलग अलग धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया है आरोपियों पर छात्रवृत्ति की लगभग दो करोड़ पन्द्रह लाख रूपये से अधिक घोटाले की राशि का आरोप है सीबीआई ने सृजन घोटाले से जुड़े मुख्य मामले में पटना स्थित विशेष अदालत में सत्ताईस लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है ब्यूरो ने यह आरोप पत्र स्वयंसेवी संस्था सृजन की प्रबंधक सरिता झा सचिव रजनी प्रिया मृत संचालिका मनोरमा देवी के पुत्र अमित कुमार के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक के कर्मचारी तथा अधिकारियों जिला विकास उपायुक्त कार्यालय के दो नाजिर समेत सत्ताईस लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग अलग धाराओं में आरोप पत्र दायर किया है गौरतलब है कि इस मामले की प्राथमिकी वर्ष दो हजार सत्रह में भागलपुर कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी बाद में सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्र ने कारोबारियों के लिए कई कदम उठाये हैं नई दिल्ली में अखिल भारतीय कारोबार परिसंघ के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि जीएसटी को और सरल बनाया जा रहा है श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार ने अप्रत्यक्ष कर पर कारोबारियों से भी सुझाव मांगे हैं

सिम्पलीफिकेशन के ऊपर टैक्स हैरास्मेंट के ऊपर हर दिन लगातार कुछ न कुछ कदम उठाते आ रहे हैं जो सजेशन के नाम पर आते हैं श्रीमती सीतारामन ने यह भी बताया कि सरकार एक नई योजना लाई है जिसके अंतर्गत दुकानदारों और खुदरा व्यापारियों के लिए साठ साल की उम्र के बाद न्यूनतम मासिक पेंशन राशि सुनिश्चित की गई है केन्द्रीय कानून मंत्री और पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने राजधानी पटना के बोरिंग रोड इलाके में बलात्कार की घटना पर दुख जताया हैं उन्होंने राज्य सरकार से दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है श्री प्रसाद ने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच शीघ्र करा कर दोषियों को त्वरित न्यायालय से जल्द से जल्द सजा दिलायी जाए इधर पुसिल ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पटना सहित राज्य के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश या ब्रंदाबांदी हो सकती है विभाग के अनुसार प्रदेश के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के जिलों में बारिश की सम्भावना बनी हुई है बादल छाये रहने से अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री वृद्धि हो सकती है वहीं कुहासे के कारण ट्रेनों के परिचालन और विमानों के उड़ान पर असर पड़ा है सम्पूर्ण क्रांति मगध श्रमजीवी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेने घंटों विलम्ब से चल रही है जबकि पटना हवाई अड्डे से चौंतीस विमानों के परिचालन में देरी हुई इधर ठंड को देखते हुये पटना जिला प्रशासन ने कक्षा पांच तक के सभी स्कूलों को बारह जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है जबकि कल से कक्षा छह से बारह तक के वर्ग सुबह दस बजे से दोपहर तीन बजे तक ही संचालित किये जायेंगे इधर ठंड से वैशाली जिले में दो और दरभंगा में एक व्यक्ति की मौत हो गयी असम के ग्रवाहाटी में दस से बाईस जनवरी तक होने वाले खेलो इंडिया य्थ गेम्स में बिहार के चौहत्तर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं दल में सत्रह प्रशिक्षक और प्रबंधक भी शामिल हैं राज्य के खिलाड़ी नौ स्पर्धाओं एथेलेटिक्स फुटबॉल जूडो कबड्डी लॉन बॉल तैराकी भारोत्तोलन कुश्ती और बॉक्सिंग में भाग लेंगे उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की ओर से बीस शिल्पियों को राज्य पुरस्कार और बीस को मेधा पुरस्कार प्रदान किया गया है उद्योग मंत्री श्याम रजक ने वर्ष दो हजार सोलह सत्रह के लिए इन शिल्पियों को नकद राशि और ताम्रपत्र प्रदान कर सम्मानित किया राज्य में पहली बार इंटरनेशनल वीमेन टी टवेंटी क्रिकेट प्रतियोगिता सोलह जनवरी से पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेली जायेगी इसका आयोजन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन कर रहा है प्रतियोगिता में इंडिया ए इंडिया बी बांग्लादेश और थाईलैंड की टीमें भाग लेंगी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई अब कला और वाणिज्य विषय के छात्र भी कर सकेंगे इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने कहा है कि अगले वर्ष से बीएससी नर्सिंग के लिए यह नया निमय लागू हो जायेगा इस कोर्स में नामांकन लेने वाले कला और वाणिज्य के छात्रों को साठ घंटे की अतिरिक्त पढ़ाई करनी होगी देशभर के दस ट्रेड यूनियनों ने विभिन्न मांगों और सरकार की नीतियों के विरोध में आज बंद का आह्वान किया है इस हड़ताल में कई बैंक यूनियनों ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा की है वैशाली जिले के हाजीपुर मंडल कारा में पिछले दिनों कैदी की हत्या के मामले में कारा प्रशासन ने जेल अधीक्षक समेत दस जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया है इस मामले में अब तक दो पदाधिकारी समेत पन्द्रह जेल कर्मियों का निलंबन किया गया है सारण जिले में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से ढ़ाई करोड़ रूपये के गबन के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है इधर इस मामले में आईसीआई कैश मनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड के तीन निदेशकों को निलंबित किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज सभी बड़े अखबारों ने निर्भया मामले में मौत की सजा सुनाये जाने की खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है दरिंदों की मौत पर मुहर दैनिक जागरण लिखता है पूलिस की लापरवाही से जेएनयू में विवाद दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री के बयान पर खबर दी है सभी सरकारी स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा तक स्मार्ट क्लास से होगी पढ़ाई प्रभात खबर की बड़ी खबर है आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग